राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाया जाना केन्द्र सरकार का ऐतिहासिक और बड़ा फैसला है इससे पूरे देषभर के किसानों को फायदा होगा और राजस्थान को इसका अतिरिक्त फायदा होगा क्योंकि यहा बाजरा मूंग और कपास का बडी मात्रा में उत्पादन होता है

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपूर के सांगानेर हवाई अड़डे पर श्रीगंगानगर के लिए सुप्रीम एयरलाइंस की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर श्रीमती राजे ने कहा कि सरकार ने प्रदेष में एयर कनेक्टिविटी बढाने का जो कार्य किया है वह पूरी तरह सफल रहा है उन्होंने कहा कि जयपुर से जोधपुर बीकानेर उदयपुर जैसलमेर और श्रीगंगानगर की एयर कनेक्टिविटी के बाद कृछ और शहरों को जोड़ा जाएगा

जयपुर में आयोजित राज्य के रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के प्रषिक्षण कार्यक्रम में श्री भगत ने ये जानकारी दी

राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की चालू वित वर्ष की पहली छमाही के कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा इसे लेकर ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को प्रषिक्षण दिया गया है

विभाग ने इस मामले एक स्त्री रोग विषेषज्ञ डा ओ पी मोदी को इस दौरान एक नाबालिक का गर्भपात करते हुए रंगे हाथों पकडा विभाग ने एक अन्य प्रकरण में बीकानेर में ही एक पूर्व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भी अवैध गर्भपात के मामले में रंगे हाथों पकड़ा है इसके अलावा एक दलाल फरार हो गया तीनों के खिलाफ थाने में मामले दर्ज कराए गए हैं

राज्यभर में कल इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जयपुर में कल राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्षन करने वाले तीने जिले सम्मानित होंगे

उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली होने से प्रषासनिक परीक्षा पर संषय बना हुआ है श्री तिवाड़ी ने एक बयान जारी कर ये भी आरोप लगाया कि सारी भर्तियां कोर्ट में लंबित चल रही है जिस पर सरकार द्वारा मजबूत पैरवी नहीं की जा रही है

करौली सवाईमाधोपुर नादौती चम्बल परियोजना का पानी आज करौली पहुंच गया इससे क्षेत्रवासियों की पेयजल समस्या का समाधान होगा

जैसलमेर के हमीरा रिदुवा के बीच ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल पर जा रहे बच्चे की मौत हो गई

प्रतापगढ के धरियावद में आज पैंथर ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया जिससे दो लोग घायल हो गए

उदयपुर में आज शाम से मूसलाधार बारिष का दौर जारी है वहीं झालावाड बुंदी और भीलवाडा में कुछ जगह हल्की बारिष हई है जयपुर और सवाईमाधोपुर में ब्रंदाबांदी हुई